मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने हिडिम्बा माता मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद इसका शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है और वे जनमंच कार्यक्रम से भी बेहद प्रभावित हुए

मुख्यमंत्री ने कहा कि विंटर कार्निवाल का उददेश्य लोकनृत्य व गीत संगीत के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है

मुख्यमंत्री ने मनाली में लोकनिर्माण विभाग का मंडल और माध्यमिक पाठशाला बसतौरी को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की इसके अलावा उन्होंने मनाली में नए ओडिटोरियम के निर्माण की घोषणा भी की उड़ान केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री जयन्त सिन्हा ने कहा है कि देश के हिमालयी राज्यों को बेहतर हवाई सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए उड़ान दो योजना के तहत प्राथमिकता दी गई है लोक सभा में सांसद वीरेन्द्र कश्यप के सवाल पर उन्होंने बताया की जम्मू कश्मीर उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेश उत्तरी पूर्वी राज्यों अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप समूहों के हवाई अड्डों के अधिकतम उपयोग और स्थानीय जनसमुदाय को सस्ती हवाई सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्हें वरीयता प्रदान की गयी है जयन्त सिन्हा ने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य चयनित एयरलाइन्स को कुछ टैक्स सुविधाएं प्रदान करके देश के पिछड़े व दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को सस्ती हवाई सेवायें प्रदान करना है विक्रम ठाकुर प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा और ढांचागत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कड़ोआ के वार्षिक समारोह में ये बात कही

विकम ठाकुर ने विद्यार्थियों से नशे जैसी बुराई से दूर रहने को भी कहा बाद में उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन के समीप राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाबल का बाग के वार्षिक समारोह में आज ये बात कही

इस अवसर पर राजीव बिंदल ने स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया भारत दर्शन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में मेधावी विद्यार्थियों के लिए सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा शुरू किए भारत दर्शन कार्यक्रम के दूसरे चरण की यात्रा पांच जनवरी से शुरू होगी

गौरतलब है कि भारत दर्शन कार्यक्रम में विद्यार्थियों को हवाई यात्रा के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों को दिखाये जाने का प्रावधान है